वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व जल दिवस के मौके पर रिमोट का बटन दबाकर जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन आंदोलन का शुभारंभ किया

स्कूल शिक्षा स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने कल शाजापुर जिला मुख्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां बतायी उन्होंने बताया कि राज्य में शिक्षा विभाग ने फीस एक्ट लागू किया है और प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से अब फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के कारण जो प्राईवेट स्कूल बंद थे वो सिर्फ अपनी ट्व्रशन फीस वसूल सकते है लेकिन ट्व्रशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूल रहे हैं स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जायेगी श्री परमार ने कहा कि पहले अप्रैल से स्कूल नियमित खोलने पर विचार किया जा रहा था लेकिन कोराना के बढ़ते संक्रमण के कारण इस पर दोबारा पुर्नविचार किया जायेगा हालांकि दसवीं बाहरवीं की परीक्षा नियत समय पर संचालित हो सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है

भगत सिंह शहादत दिवस कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है

उनकी यादगार में इस अवसर पर प्रदेशभर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जन आंदोलन फूटबाल खिलाड़ी संजय विश्वास ने लोगों से कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए इसके संकमण से बचाव करने की अपील की है

ट्वेंटी ट्वेंटी श्रृंखला में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम एक दिवसीय श्रृंखला में भी विजय के लिए आत्मविश्वास से भरपूर है जबकि टेस्ट और ट्वेंटी ट्वेंटी श्रृंखलाओं में हार से चोट खा चुकी मेहमान इंग्लैंड की टीम को भी वापसी का भी भरोसा है

कोरोना समीक्षा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कल मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा करते हुए कहा कि बीस व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी होने पर उस कार्यक्रम या बैठक की अनुमति जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से लेनी होगी इसके साथ ही मेलों और अन्य उत्सवों के संबंध में भी जिले के परिस्थिति अनुसार स्थानीय स्तर पर आवश्यक निर्णय लिए जायेंगे

मुरैना में होली मिलन समारोह नहीं होंगे सागर में सार्वजनिक रूप से होलिका दहन कार्यक्रम नहीं होंगे सतना और नीमच में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक हुई सौर ऊर्जा पार्क प्रदेश में बड़े सौर ऊर्जा पार्क बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है

लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश बड़ी भागीदारी निभाएगा

राज्य में योजना प्रारंभ होने के उपरान्त मजदूरी में वितरित हुई यह सर्वाधित राशि है